प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्टीय पुलिस स्मारक राष्ट को किया समर्पित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी कारपेट एक्सप्रो का वीडिया कान्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगर कोई भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा तो देश के सैन्य बल उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सेना का इस्तेमाल हमेशा आत्मरक्षा के लिए किया है और आगे भी वह ऐसा करता रहेगा प्रधानमंत्री आजाद हिंद सरकार के गठन की पवहत्तर्वी वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में लालकिले में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे आजाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने उन्नीस सौ तैंतालीस में कल ही के दिन किया था श्री मोदी ने समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पट्टिका का अनावरण किया आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने एलान किया था कि इसी लालकिले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी अविमाजित भारत की सरकार थी

इस अवसर पर इंडियन नेशनल आर्मी के लालतीराम नेताजी के पौत्र चन्द्रकुमार बोस संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नेताजी के जीवन का एकमात्र तक्ष्य भारत की आजादी थी प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद सरकार ने देश के चहुमुंखी विकास के लिए योजनाएं बनाई थी उसका अपना बैंक मुद्रा डाक टिकट और यहां तक कि अपना खुफिया तंत्र भी था प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश को आजादी के बाद के दशकों में नेताजी सुमाष चन्द्र बोस और सरदार वल्लबमाई पटेल जैसे महान नेताओं का निर्देशन भिलता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती श्री मोदी ने कहा कि रानी झांसी रेजिमेंट अपना पचहत्तरवी वर्ष पूरे करेगी देश की पहली सशस्त्र महिला रेजिमेंट भारत की समृद्ध परंपराओं के प्रति सुभाष बादू के अगाध विश्वास का परिणाम था तमाम विरोधों को दर किनार करते हुए उन्होंने महिला सैनिकों की सलामी ली थी नेताजी ने जो काम फ्वहत्तर वर्ष पहले शुरू किया था उसको सही मायने में आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है

गृहमंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू और हसराज अहीर गृहसचिव राजीव गाबा और केंद्रीय अर्दघसैनिक बलों के प्रमुखों ने मी शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सजग पुलिसबलों ने भय और असुरक्षा का माहौल फैलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हर उस जवान को याद किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और शांति बनाये रखने में मदद कर रहा तथा आतंकवाद से लड़ रहा है पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार उन्नीस के अन्त तक आख्वी स्तर पर लगभग सवा लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा समयबद्व प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया है श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस लाइन तथा थानों में समस्त सुविघाओं से सुसज्जित बैरकों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगी उन्होंने बताया कि पुलिस बल से सम्बन्धित विमिन्न पहलओं पर समय समय पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर परेड की सलामी ली और शहीद पुस्तिका को मंच पर प्रस्थापित किया उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों की स्मृति में पृष्पचक्र अर्पित कर उनके परिजनों को सम्मानित किया उधर पुलिस स्मृति दिक्स पर कल प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वाराणसी में कारपेट एक्सपो का वीडियो कान्फ्रॅसिंग के जरिये उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाराणसी शहर की पहचान हस्तशिल्प से ही है हस्तशिल्प स्वतंत्रता और स्वालम्बन का माध्यम रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत दूनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प उत्पाद का निर्यातक है इस क्षेत्र का व्यापार चार सौ करोड़ से बढ़कर सोलह सौ करोड़ रूपये हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में मेड इन इण्डिया कारपेट एक ब्राण्ड बनकर उभरा है यह सब लाखों बुनकरों और व्यापारियों की मेहनत और सरकार द्वारा दी गयी रियायतों के कारण सम्मव हो पाया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी कल पंचतत्व में विलीन हो गये स्वर्गीय तिवारी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हल्दानी के वित्रशीला घाट रानीबाग में किया गया उनके पूत्र रोहित शेखर तिवारी ने मुखाम्नि दी

उनकी शव यात्रा में हजारों के संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश से आये लोगों ने सर्किट में उनके पार्थिव शरीर पर पृष्प अर्पित कर श्रद्वाजंलि दी बागपत जिले में जनसंख्या वृद्धि पर लगान लगाने के लिए जनसंख्या नियत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्रीय राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दुनिया के तीन ऐसे देश है जिनकी आबादी दो करोड़ से कम हैं जबकि भारत में हर साल दो करोड़ बच्चे जन्म ले रहे हैं श्री सिंह ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून बनाने के साथ जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास और सामाजिक समरसता में बाघक है केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि चौतीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सत्र न्यायालय बेनामी लेन देन कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के तौर पर कार्य करेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बेनामी संपत्ति लेन देन निवारक अधिनियम उन्नीस सौ अट्ठासी के तहत उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह मशवरे के बाद विशेष न्यायालयों संबंधी ये अधिसुचना जारी की गई है केन्द्र सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रवानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश भर में एक महीने से भी कम समय में गम्मीर बीमारियों से पीड़ित एक लाख रोगियों ने चिकित्सा लाम प्राप्त किया है